प्रदेश के बारह जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर

हालांकि कई नदियों का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के पार

प्रदेश के बारह जिलों में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है नये इलाकों में पानी के फैलने का सिलसिला जारी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान मधुबनी जिले के विस्फी प्रखंड में चार और दरभंगा में एक तटबंध टूट गया जिससे दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं दरभंगा में कमतौल के मड़वा भगवती स्थान के पास महाराजी बांध के पश्चिमी तटबंध के टूट जाने से कमतौल चहुटा अहियारी और निमरौली में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है जाले प्रखंड मुख्यालय का दरभंगा से सड़क संपर्क ट्रट गया है खिरोई नदी के जलस्तर में चौबीस घंटे के भीतर एक सौ चौंतीस सेंटीमीटर की वृद्धि होने से दरभंगा शहर पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहरी क्षेत्र के कुछ नये इलाकों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है ब्रढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में बढोतरी से सिकंदरपूर लूटन नगर और शिवपूरी में बाढ़ का पानी फैलने लगा है हमारे सीतामढ़ी संवाददाता ने खबर दी है कि जिला मुख्यालय का शिवहर मध्बनी पूर्वी चंपारण और पड़ोसी देश नेपाल से सड़क सम्पर्क ट्रट गया है कोसी और सीमांचल में भी स्थिति जस की तस बनी हुई है कोसी नदी के जलस्त्राव में उतार चढ़ाव जारी है नेपाल प्रभाग स्थित नदी के दोनों तटबंध और स्पर सुरक्षित हैं अररिया और किशनगंज में नदियों के जलस्तर में कमी आयी है लेकिन संकट अभी भी बरकरार है वहीं दूसरी तरफ कटिहार में बारसोई अनुमंडल के अलावा सदर अनुमंडल के दंडखोरा और प्राणपुर प्रखंडों में महानंदा नदी का पानी तेजी से फैल रहा है समस्तीपुर में बागमती कोसी और करेह नदियों के जलस्तर में वृद्धि से कल्याणपुर और विथान प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है पश्चिमी चंपारण जिले के सिकटा प्रखंड में गंडक नदी के त्रिवेणी कैनाल के तटबंध कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गये हैं इधर बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर पचपन हो गयी है प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से लगातार बचाव और राहत कार्य चलाया जा रहा है बाढ़ पीड़ितों के बीच खादय सामग्रियों के साथ साथ दैनिक उपयोग में काम आने वाली चीजें उपलब्ध करायी जा रही है सामुदायिक रसोई घरों का भी संचालन किया जा रहा है इधर केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक और बूढ़ी गंडक नदियों को छोड़कर प्रदेश की सभी नदियों के जलस्तर में गिरावट की प्रवृत्ति बनी हुई है आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बागमती कमला बलान भूतही बलान लालबकैया कोसी महानंदा और अधवारा समूह की नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश रूक जाने के कारण जलस्तर में गिरावट आयी है हालांकि अभी भी इनमें से कई नदियों का जलस्तर कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है उम्मीद जतायी जा रही है कि जल्द ही प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति में सुधार होगा राज्य सरकार आशा कार्यकर्ताओं और आशा फेसिलिटेटर को अब एक हजार रूपये प्रति महीने अतिरिक्त मानदेय प्रदान करेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह फैसला किया गया है वहीं कैबिनेट ने हर घर नल का जल योजना में मुखिया को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है अब हरेक घर तक पाईपलाइन के जरिए पानी पहुंचा या नहीं इसकी पुष्टि मुखिया को करनी होगी कैबिनेट ने तेजाब हमले के साथ ही दुष्कर्म पीड़िताओं की सहायता के लिए गठित पीड़ित महिला अनुग्रह कोष से मिलने वाली राशि में भी वृद्धि का फैसला किया है तेजाब पीड़ित महिलाओं को अब सात लाख रूपये की जगह दस लाख रूपये सहायता दी जायेगी वहीं सामूहिक द्रष्कर्म की शिकार महिलाओं को पांच लाख से दस लाख रूपये और दुष्कर्म की शिकार महिलाओं को चार लाख से सात लाख रूपये तक की सहायता राशि दी जायेगी एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने नगर निकायों के चूनाव के लिए खर्च होने वाली राशि बढ़ा कर दोगुनी कर दी है देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों में अब नीट के जरिए ही छात्रों को प्रवेश मिलेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि नीट के अलावा अन्य सभी प्रवेश परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जायेगा उन्होंने बतायाकि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक दो हजार उन्नीस के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी है

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने देश के सभी बीएड कालेजों में दस प्रतिशत सीटें बढ़ाने का फैसला किया है इस आशय का पत्र सभी संबंधित कॉलेजों को भेज दिया गया है पत्र में कहा गया है कि चालू शैक्षणिक सत्र से ही बढ़ी हुई सीटों पर दाखिला लेना अनिवार्य होगा साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी इस सत्र से लागू करने का निर्देश दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रदेश में ग्यारह नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दिशा में कार्य प्रगति पर है विधानसभा में विभागीय बजट प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री पांडेय ने कहा कि अस्पतालों में नर्सों की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही नौ हजार एक सौ तीस ए ग्रेड नर्स की नियुक्ति की जायेगी बिहार तकनीकी सेवा आयोग इसी सप्ताह इस संबंध में विज्ञापन प्रकाशित करेगा राज्य सरकार ने प्रदेश भर में शहरी फुटपाथी दुकानदारों के लिए तैंतीस वेंडिंग जोन की पहचान की है शहर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने विधान परिषद में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि सर्वे करा कर सभी फुटपाथी द्रकानदारों को चिन्हित किया जा रहा है सर्वे पूरा होने पर उन्हें पहचान पत्र उपलब्ध कराया जायेगा और वेंडिंग जोन में स्थान दिया जायेगा मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में संदिग्ध दिमागी बुखार से कल दो और बच्चों की मौत हो गयी वहीं गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संदिग्ध दिमागी बुखार से पीड़ित तीन बच्चों का इलाज चल रहा है राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन के निर्देश पर पटना स्थित राजभवन में जन विमर्श का आयोजन किया गया इसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के इक्कीस मामलों का निपटारा हुआ खनन विभाग ने पटना और भोजपुर के लिए बालू की अधिकतम दरें तय की हैं

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पाकिस्तान की जेल में तीन साल से बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक से संबंधित खबरों को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भारत की दलीलें मानी कुलभूषण की फांसी पर रोक दैनिक जागरण की सुर्खी है मुम्बई हमले का मास्टर माइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में गिरफ्तार दैनिक भास्कर ने लिखा है कर्नाटक का क्लाइमेक्स शक्ति परीक्षण में आज गिर सकती है कुमारस्वामी की सरकार प्रभात खबर लिखता है अब सिर्फ नीट के जरिए सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश आज और राष्ट्रीय सहारा ने बाढ़ से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश के बारह जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर

हालांकि कई नदियों का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के पार